सरकार ने इस अधिनियम को लेकर द्वष्प्रचार से गुमराह नहीं होने की अपील की है

यह किसी की नागरिकता वापस नहीं लेता सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कोरी अफवाह है कि नागरिकता संबंधी दस्तावेज जमा कराने होंगे अन्यथा लोगों को वापस भेज दिया जाएगा केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर लागू करने की अभी घोषणा नहीं की गई है जब इसकी घोषणा की जाएगी तो नियम और दिशा निर्देश इस तरह बनाए जाएंगे कि किसी भी भारतीय नागरिक को कोई परेशानी न हो

तो आईये आज जानते हैं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर फैली एक और भ्रान्ति और उसकी असलियत के बारे में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर यह भ्रम है कि इससे अन्य देशों से आने वाले लोगों के साथ भेदभाव होगा जबकि वास्तविकता यह है कि इस कानून से सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिन्दू सिख जैन बौद्ध पारसी और ईसाईयों को लाभ होगा यदि उनके पास पासपोर्ट वीजा जैसे दस्तावेजों का अभाव है और वहां उनका धार्मिक उत्पीड़न हआ हो तो वह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं इससे ऐसे लोगों को जटिल प्रक्रिया से मुक्ति भिलेगी और जल्द भारत की नागरिकता भिल पाएगी अन्य देशों के नागरिकों के लिए पहले की तरह नागरिकता के लिए सामान्य नियम लागू होंगे

गुजराती फिल्मे हेल्लानरो को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा आयुष्मान खुराना को फिल्मत अंधाधुन और विक्की कौशल को उडीःद सर्जिकल स्ट्राइक फिल्मो के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा जाएगा कीर्ति सुरेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें तेलुगू फिल्म महांती में सावित्री की भूमिका के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया वनमेला दुनिया का चिकित्सा विज्ञान भारतीय परंपरा की देन है और इसके जन्मदाता थे धनवंतरि गुरु सारी दुनिया ने फॉदर ऑफ सर्जरी सुश्रत को माना है राज्यपाल लालजी टंडन ने कल लाल परेड मैदान में अंतर्राष्ट्रीय वन मेला समापन समारोह में कही उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में चिकित्सा विज्ञान सेवा विधि थी जो दुर्भाग्य से पाश्चात्य के बाजारवाद का शिकार हो गई राज्यपाल ने चिकित्सकों का आव्हान किया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करने में करें राज्यपाल ने हर्बल मेला स्मारिका का विमोचन किया वन मंत्री उमंग सिंघार ने समारोह की अध्यक्षता की शिविर देश में लगातार तीसरे साल स्वच्छता में अव्वल रहने वाले इंदौर के सफल रहने के मूल में प्रशासन के साथ आम जनता की भी कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी रही है घरों से निकलने वाले गीले और सूखे कचड़े को अलग अलग रखने और नगर निगम द्वारा उपलब्ध करवाये गये कचरा वाहनों में निर्धारित खंडों में डालने में आम नागरिकों खासतौर से गृहणियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नगर निगम ने जैव अपशिष्ट के लिये भी कचरा वाहनों में अलग से डिब्बा लगाया है जिससे घरों से निकलने वाले डायपर सेनेटरी नेपकिन आदि डाले जाते हैं

झारखंड मतगणना झारखंड विधानसभा चुनाव की मतगणना आज होगी

सबसे पहले डाक मतपत्रों को गिना जाएगा इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मतों की गिनती होगी

ये आयोजन विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के साथ उनके विकास के लिए किया जायेगा तीन दिनों का यह आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बैहर के खेल मैदान में होगा इस आयोजन में मध्यप्रदेश के बालाघाट सहित मंडला डिंडोरी सिवनी अनुपपुर उमरिया शहडोल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव कवर्धा जिलों के बैगा खिलाड़ी शामिल होंगे इस आयोजन में शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी सीएए विरोध जबलपुर शहर में संभागायुक्त ने कल रात चार थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील के दौरान भ्रमण कर आम नागरिकों और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भिलकर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया शहर में स्थितिया सामान्य होने से कर्फ्यू में कल सात घंटे की सशर्त छूट प्रदान की गयी थी ये छूट शहर के चारों थाना क्षेत्र में दोपहर एक बजे से शाम आठ बजे तक दी गयी इसके साथ ही मोबाइल और इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गयी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए प्रदर्शन के चलते हनुमानताल और गोहलपुर के संपूर्ण इलाकों में तथा कोतवाली और आधारताल थाना अर्तगत आंशिक क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया था तानसेन समारोह ग्वालियर में चल रहे अंतराष्ट्रीय तानसेन सामारोह का समापन हो गया कल समारोह के आखिरी दिन भी देश विदेश से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी सभा का समापन कोलकाता की कलाकार मीता नाग के सुमधुर सितार वादन से हुआ

कल कटक के बाराबती स्टेटडियम में तीसरे और अंतिम मैच में भारत ने वेस्टाइंडीज को चार विकेट से हराया वेस्ट्इंडीज के खिलाफ भारत ने लगातार दसवीं बार श्रृंखला जीती है